कल शिमला में वार्षिक योजना के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण के उद्देश्य से आयोजित विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही

बैठक में विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों का एजेन्डा प्रस्तुत किया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे कांगड़ा में ब्राहम्ण कल्याण परिषद के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री व विधायक को मन्दिर में प्रवेश करने से रोकने संबंधी घटना पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना से वह बहत आहत हैं राज्यपाल ने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक व्यवस्था में नागरिकों के समानता की बात करता है और उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करता है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में ऐसी घटनाएं चिंताजनक है उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश देने को कहा है ताकि देवभूमि की सार्थकता बनी रहे राजन सुशांत पूर्व सांसद राजन सुशांत ने राज्य सरकार से कांगड़ा ज़िले में पौंग झील के किनारे किसानों को एक सप्ताह के भीतर गेंह बिजाई की अनुमति देने की मांग की है धर्मशाला में कल एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापित पिछले कई दशकों से इस भूमि पर गेंहू की बिजाई कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी अब इन किसानों को फसल बिजने से रोका जा रहा है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश में अधिकांश भागों आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और धूप निकलने से लोगों ठंड से मामूली राहत मिली है हालांकि कल हुए भारी हिमपात से कई इलाकों में जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है जिसे सामान्य बनाने के प्रयास जारी है बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में कई स्थानों पर बिजली पानी व संचार व्यवस्था भी बाधित है हिमपात से बंद सड़क मार्गो को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है किसान व बागवान इस बर्फबारी व वर्षा को गेडूं सहित अन्यों फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं और उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद जगी है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ बने रहने की संभावना जताई है

यह योजना पिछले साल फरवरी माह में शुरू हुई थी जिसमें प्रत्येक पात्र किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष तीन बराबर किस्तों में दो हजार रुपये प्रति किस्त की दर से उपलब्ध कराना है

इस योजना के अंतर्गत पहले दो हेक्टेयर भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों को शामिल करना था बाद में सरकार ने इस योजना को भूमि सीमा हटाकर सभी किसानों तक पहुंचाया

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है सीबीआई करेगी पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में पटवारी भर्ती परीक्षा की होगी सीबीआई जांच मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है बर्फबारी भरपूर लाएगी सेब पर नूर

दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में तीन साल बाद रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी